राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या अठहत्तर हजार के करीब पहुंची

इसके अंतर्गत आज प्रस्तुत हैं सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में बापू के विचार पश्चिम बंगाल में सोदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास है वह ईश्वर को छोड़कर किसी से नहीं डरता

इसका मुख्यं विषय है हमारी आकांक्षा का भविष्य और आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षवाद के प्रति सामूहिक प्रतिबद्वता की पुष्टि और प्रभावी बहुपक्षीय प्रयासों से कोविड संकट से निपटना इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बदलाव पर जोर दिया उन्होंने कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ जब साधन समस्याएं और समाधान उस समय के हिसाब से थे मगर आज हम जिस दौर में हैं हमारी वैश्विक समस्याएं और आवश्यकताएं बढ़ी हैं

बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद दुमका उपचुनाव की घोषणा भी दो तीन दिनों में होने की संभावना है

वहीं अबतक लगभग पैंसठ हजार कोरोना संक्रमित लोग उपचार के बाद स्वस्थ भी हुए हैं कोरोना से अब तक राज्यभर में छह सौ इकसठ संक्रमितों की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग ेकी ओर से जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार झारखंड में स्वस्थ होने की दर ं तिरासी दशमलव शून्य दो प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना संक्रमण से मृत्यू दर एक दशमलव छह शून्य प्रतिशत है जबकि झारखंड में यह शून्य दशमलव आठ चार प्रतिशत है राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राधिकरण ने विनिर्माताओं के स्तर पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का मूल्य पंद्रह रूपये बाइस पैसे प्रति घनमीटर तय करने का निर्णय लिया है इसमें जीएसटी शामिल नहीं होगा

प्राधिकरण ने कहा कि मूल्य सीमा न होने के कारण विनिर्माताओं ने सिलेंडर भराने वालों के लिए दाम बढ़ा दिए थे और देश में चिकित्सा ऑक्सीजन निरंतर उपलब्ध कराने के लिए मूल्य नियंत्रण करना अनिवार्य है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

इसका प्रसारण आकाशवाणी और द्ररदर्शन के सभी नेटवर्क पर किया जाएगा तथा यह हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा यह आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यु ट्युब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा लोहरदगा जिला कांग्रेस कमिटी ने केंद्र सरकार द्वारा संसद से पारित किए गए कृषि बिल का विरोध करने का निर्णय लिया है जिले में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे एवं लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा यह कानून किसानों के हित में नहीं है

पलामू जिले में स्थित पलामू किले के जीर्णोद्वार के लिए कला संस्कृति विभाग इसके गौरव को लौटाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है

रांची सांसद संजय सेठ ने कल नयी दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रामेश्वर तेली से मुलाकात की सांसद ने केंद्रीय मंत्री से रांची और आस पास खाद्य प्रसंस्करण के छोटी छोटी युनिट लगाने की मांग की

इन चीजों का प्रसंस्करण उद्योग लगने से यहां लोगों को रोजगार मिल सकेगा

राज्य सरकार एक अक्टूबर से पंद्रह अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान पखवाड़ा का आयोजन कर रही है

आईपीएल क्रिकेट में अबधाबी आज कोलकाता नाइटराइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है

खूंटी जिले के तमाड़ थाना पुलिस और एसएसबी के जवानों ने जंगल से दुर्लभ प्रजाति का वज्रकीट बरामद किया है